संपर्क में आनेवाले पूलिस कर्मियों की करायी जा रही है कोरोना जांच शिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो कल दोपहर बाद जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाईन जारी करेंगे

राज्य में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई है धनबाद के रहने वाले अंठावन वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मौत आज रिम्स के कोविड वार्ड में हो गई इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या इक्कीस हो गई वहीं मरीज की पत्नी भी संक्रमित पायी गयी है राज्य में आज सात नये मरीजों के मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो हजार आठ सौ सतहत्तर हो गई जबकि कोरोना संक्रमितों में से अब तक दो हजार अड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं हजारीबाग के कोर्रा थाना और सदर थाना सहित जिला नियंत्रण कक्ष तथा कम्पोजिट कंट्रोल रूम सीसीआर के करीब सौ जवानों व पूलिस पदाधिकारियों की कोरोना जांच की जायेगी दो दिन पर्व दकान में चोरी के मामले में पकड़े गए व्यक्ति की जांच में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कोर्रा थाना व सदर थाना को सील कर दिया गया है दोनों थाना के अधिकारियों व जवानों को क्वारेन्टीन में भेज दिया गया है इस मामले में जिला नियंत्रण कक्ष सीसीआर के जवानों और अधिकारियों के भी संपर्क में आने की बात कही जा रही है ऐसे भें दोनों को भी सील किए जाने की संभावना है अगले तीन दिनों में करीब सौ जवानों व पुलिस पदाधिकारियों का सैंपल कोविड जांच हेतू लिया जाएगा हजारीबाग जिला में थाना को सील किए जाने का यह दूसरा मामला है इसके पूर्व बरही थाना को सील किया जा चुका है बरही थाने में भी एक फरार बंदी के गिरफ्तार किए जाने के बाद कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाना को सील किया गया था थाने के पुलिस पदाधिकारी व जवानों को आइसोलेट कर क्वारेन्टीन में भेजा गया था

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर लगभग पांच सौ पांच कोरोना के मरीज हैं जबकि वैश्विक औंसत एक हजार चार सौ तिरपन से अधिक है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति दस लाख पर लगभग चौदह है जबकि वैश्विक औसत इससे चार गुना से अधिक अडसठ है मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है इनमें ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटीलेटर की सुविधाए शामिल हैं अब तक देश में एक हजार दो सौ से अधिक कोविड अस्पताल दो हजार छह सौ ग्यारह कोविड स्वस्थायी देखभाल केन्द्रों और नौ हजार नौ सौ नौ कोविड उपचार केन्द्र हैं कोरोना संक्रमण काल में अनलॉक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी बड़े ब्रजुर्गो का ख्याल रखने की हरसंभव कोशिश करने की अपील की थी

कोरोना काल में मानसिक अवसाद को दूर करने को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है लोगों की मानसिक अवसाद की समस्या के समाधान के लिए मैत्री काउंसिलिंग केंद्र बनाया गया है इस केंद्र में मानसिक अवसाद से ग्रस्त लोगों के काउंसिलिंग करने के लिए टीम बनाई गई है मैत्री केंद्र का निरीक्षण उपायुक्त डॉ भूवनेश प्रताप सिंह ने की उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिये

यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढे नौ बजे से सुना जा सकता है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

शिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जारी करेंगे मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षाफल तैयार है कल परिषद के परिसर में ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा झारखंड अद्यविद परिषद के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह के मुताबिक बुधवार को दोपहर एक बजे दसवीं बोर्ड का परीक्षाफल जारी किया जाएगा दसवीं बोर्ड में चार लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे परिक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम जैक की वेबसाइट पर देख सकेंगे कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है परिणाम जारी करने के लिये सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है मैट्रिक का रिजल्ट आमतौर पर मई महीने के दौरान जारी कर दिया जाता है लेकिन झारखंड समेत पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष परिणाम आने में विलंब हो गयी द्सरी तरफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में तीस प्रतिशत कटौती का ऐलान कर दिया है आज शाम बोर्ड ने टिवटर पर इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है इसके तहत एनसीआरटी से पढ़ाई करवाने वाले बाईस राज्यों में दो हजार बीस ईक्कीस शैक्षणिक सत्र के लिए नौवीं से बारहवीं के कोर्स में एक तिहाई कटौती की है जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर आवास नहीं बनानेवालों पर कार्रवाई की जाएगी ये बातें नारायणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव ने कही हैं आज जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षात्मक बैठक हुई बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में तेरह सौ इक्क्तीस लाभूकों को पीएम आवास योजना का लाभ देना है इसमें से तीन सौ चालीस लाभूकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जा चुकी है इसलिए निर्माण कार्य शुरू कराए और समय पर कार्य पूरा करें उन्होंने आवश्यक प्रपत्र शुक्रवार तक प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व के अपूर्ण आवासों को जल्द पूरा कराना है सरकार का पैसा लेकर आवास नहीं बनानेवालों पर कार्रवाई की जाएगी श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से रामगढ जिले में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निबंधित कामगारों को पैंट शर्ट एवं साड़ी वितरित किया गया

इस मौके पर उनके साथी खिलाड़ी और क्रिकेट व अन्य क्षेत्र के दिग्गज उन्हें बधाई संदेश दे रहे हैं किकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या महेंद्र सिंह धौनी को बधाई देने के लिए रांची पहुंच चुके हैं वे रांची के सिमलिया स्थित फार्म हाउस में देर शाम आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेंगें वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी महेन्द्र सिंह धोनी को जन्मदिन की शुभकामना दी है धोनी ने भारतीय क्रिकेट को ॅकई यादगार उपलब्धियां दी हैं हालांकि वह पिछले करीब एक साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए अब भी वह पसंदीदा खिलाड़ी हैं खूंटी जिला के अड़की थाना अंतर्गत बीरबांकी गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक तीस वर्षीय महिला और उसके ढाई वर्षीय पुत्र की तेजधार हथियार व पत्थरों से कूचकर नृशंस हत्या कर दी कल दोपहर हुए इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर आवश्यक पड़ताल शुरू कर दी है फिलहाल अड़की पुलिस हत्याकॉड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है संक्षिप्त खबरें लातेहार सदर थाना क्षेत्र के सासंग पंचायत तुरी टोला में कल देर शाम ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई ट्रैक्टर के नीचे दब जाने के कारण खेत की जुताई करने के दौरान यह घटना हुई

राजधानी रांची डाल्टनगंज जमशेदपुर सहित राज्य के कई इलाकों में पिछले चौंबीस घंटे के अंदर अच्छी बारिश हुई है रांची में कल तेरह भिलीमीटर बारिश हुई है और आज सुबह बारिश के बाद बादल छाए हुए हैं गोड्डा के पुर्लिस विभाग ने अपने बहादुर पुलिसकर्भियों को लॉकडाउनर के दौरान अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया है

पुलिस अधीक्षक ने इन पुलिसकर्भियों से उनके अनुभव भी सुने और उन्हें सावधानीपूर्वक ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए